अटलनगर में तीसरे रायपूर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया हजारों धावक हए शामिल

वीर जवानों की शहादत के बाद देशभर में लोगों को और लोगों के मन में आघात और आक्रोश है आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस हमले में बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों और उनके मददगारों के समूल नाश का संकल्प ले लिया है वीर सैनिकों की शहादत के बाद मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों की जो प्रेरणादायी बाते सामने आई हैं उसने पूरे देश के हौसले को और बल दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इतने लंबे समय तक हम सबको जिस वार मेमोरियल का इंतजार था वह अब खत्म होने जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता था और पीड़ा भी कि भारत में कोई नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्रीय सैनिक स्मारक नहीं था जहां राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की शौर्य गाथाओं को संजो कर रखा जा सकें प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सैनिक स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया है यह स्मारक बनकर तैयार हो चुका है कल यानि पच्चीस फरवरी को हम करोड़ों देशवासी इस राष्ट्रीय सैनिक स्मारक को हमारी सेना को सुपूर्द करेंगे दिल्ली जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है बस उसके ठीक नजदीक में एक नया स्मारक बनाया गया है प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से कई लोगों को लाभ मिला और वे लोग पुनः स्वस्थ होकर नई जिंदगी जी रहे हैं पिछले पांच महीनों में लगभग बारह लाख गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं मैंने पाया है कि गरीब के जीवन में इस योजना से कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है प्रधानमंत्री ने स्कूलों में परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों उनके अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि स्कूलों में परीक्षा का समय शुरू होने वाला है देशभर में अलग अलग शिक्षा बोर्ड अगले कुछ हफ्तों में दसवीं और बारहवीं कक्षा के इम्तिहान के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे श्री मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्साह होता है अगले दो महीने हम सभी चुनाव की गहमा गहमी व्यस्त रहेंगे श्री मोदी कहा कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए अगली मन की बात मई महीने के आखरी रविवार को होगी प्रधानमंत्री कश्मीर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारा संघर्ष कश्मीर के लिए है न कि कश्मीरियों के खिलाफ है उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले का सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों को हुआ है श्री मोदी ने देश के दूसरे हिस्सों में कश्मीरियों को निशाना बनाने वालों को आगाह भी किया श्री मोदी ने कहा कि हर कश्मीरी की सुरक्षा देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कल राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को कश्मीरियों का समर्थन करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर सहमति है और भारत आतंकवाद को शह देने वालों को सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने जा रहा है कश्मीर निवासी सुरक्षा छत्तीसगढ़ में जम्मू कश्मीर के निवासियों छात्रों और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी विगत् दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से देश के कुछ हिस्सों में जम्मू कश्मीर के निवासियों विशेष रूप से छात्रों के उत्पीड़न की घटनाएं प्रकाश में आईं हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन में राज्य शासन ने जम्मू कश्मीर के निवासियों छात्रों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हिंसा भेदभाव तथा अन्य दमनकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए राज्य के सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश जारी किए हैं साथ ही छत्तीसगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रप्तवार्ता को नोडल अधिकारी बनाया गया है ग़हमंत्री समीक्षा बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि पुलिस की छवि ऐसी हो कि जनता में उनके प्रति सम्मान और अपराधियों में डर रहे जो अधिकारी पुलिस की छवि जनता में बेहतर बनाएंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा और जो नकारात्मक छवि प्रस्तुत करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी श्री साहू कल बिलासपुर में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात कही गृहमंत्री ने बैठक में कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाए और जो अपराधी फरार है उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए उन्होंने कहा कि पुलिस को मुखबिरों के माध्यम से अपराधियों तक पहुंचने में जल्दी सफलता मिलती है इसलिए मुखबिरों की सहायता अवश्य जी जाए उन्होंने नशे का व्यापार और सट्टा खिलाने वालों से भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए साथ ही चेतावनी दी कि जहां सद्दा लिखाने की शिकायत मिलेगी वहां सीधे थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में आयोजित किसानों के सम्मेलन में यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि धान के साथ ही किसानों को विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा वहीं शीतगृह और मंडी की किसान की जरूरतों के लिए भी कार्य किया जाएगा श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार खेती में आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए किसानों की हर संभव मदद दी जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी के संरक्षण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है हॉफ मैराथन राजधानी रायपुर के अटलनगर स्थित अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास आज तीसरे रायपुर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने हरी झण्डी दिखाकर मैराथन दौड़ की शुरूआत की इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि इस बार मैराथन के लिए छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड इकतीस हजार से अधिक धावकों ने अपना पंजीयन कराया उन्होंने कहा कि हाफ मैराथन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल सके श्री पटेल ने कहा कि राज्य की खेल प्रतिभा जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है उनका् मार्गदर्शन और सहयोग खेल आयोजनों में लिया जाएगा इस मैराथन में राज्य की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए राज्य चयनित वर्ग और ब्लेड रनर का आयोजन किया गया इस बार मैराथन में केवल छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों के लिए राज्य चयनित वर्ग के तहत मैराथन का आयोजन भी किया गया था कार्यक्रम में मैराथन के विजेताओं को नगद राशि और प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया इस मौके पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा विधायक विकास उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय पूर्व हॉकी खिलाड़ी विन्सेट लकड़ा नीता डुमरे सबा अंजूम और खेल सचिव सिद्दार्थ कोमल परदेशी भी मौजूद थे

इसके बाद छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील महासंघ के बैनरतले प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए कूच किया मुख्यमंत्री निवास पहंचने के पहले ही पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को सप्रे शाला स्कूल के पास रोक लिया इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की संघ के सरंक्षक विजय झा ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आगामी सत्ताईस फरवरी को जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार स्वस्थ भारत यात्रा के दूसरे चरण के तहत भारत यात्री दल पर केंद्रित रहेगा इस स्वस्थ भारत यात्रा के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की राजधानी रायपुर पहुंचे इस दल के यात्रा प्रमुख आश्तोष कुमार सिंह से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे विस्फोट मौत बस्तर जिले में चित्रकोट मार्ग पर स्थित देउरगांव के पास बम विस्फोट से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है

राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में जगार मेला का आयोजन किया जा रहा है ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने दीप प्रज्जवलित कर इसकी शुरूआत की ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन वीणा शेदरे ने आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है